गोपालगंज के ड्मरिया घाट में गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर राज्य में कोविड उन्नीस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर पचपन हो गयी है आज एक और कोरोना मरीज की मृत्यु की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार आज एक सौ तीस नये मामलों की पुष्टि हुई इसके बाद प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या आठ हजार एक सौ अस्सी हो गयी है सबसे ज्यादा उनतीस मामले सीवान जिले में सामने आये हैं इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में पच्चीस की पुष्टि हुई है गया में बारह औरंगाबाद और समस्तीपुर में सात सात भागलपूर और मध्रबनी में छह छह लखीसराय में पांच पटना भोजपूर दरभंगा सुपौल और अरवल में चार चार सहरसा और नालंदा में तीन तीन मामले सामने आये हैं वहीं शेखपुरा सीतामढ़ी मुंगेर बांका और सारण में संक्रमण के एक एक नये मामलों की पुष्टि हुई है विभाग की जानकारी के अनुसार अब तक छह हजार एक सौ छह लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश में पंद्रह हजार नौ सौ अड़सठ नये मामले आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या चार लाख छप्पन हजार एक सौ तिरासी हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कोविड उन्नीस के संक्रमण के कारण अब तक देश में चौदह हजार चार सौ छिहत्तर लोगों की मृत्यु हुई है विभाग ने जानकारी दी है कि बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के कारण दो लाख अंठावन हजार छह सौ पचासी संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर छप्पन दशमलव सात शून्य प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दस हजार चार सौ पंचानवे रोगी स्वस्थ हुए वर्तमान में एक लाख तिरासी हजार बाईस लोगों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कुल पंद्रह हजार नौ सौ अड़सठ नये मामले आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या चार लाख छप्पन हजार एक सौ तिरासी हो गई है देश में कोविड उन्नीस महामारी के फैलने से लेकर अब तक की यह सबसे अधिक संख्या है राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के परिवार के पांच और सदस्यों में कोरोना वायरस की प्रष्टि हुई है जिला प्रशासन ने कहा है कि श्री सिंह के संपर्क में जो लोग आये हैं उनके भी सैंपल लेकर जांच की जा रही है श्री सिंह का अभी एम्स पटना में इलाज चल रहा है इधर बेगूसराय जिले में एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के संक्रमित पाये जाने के बाद एहतियात के तौर पर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय तीन दिनों के लिये बंद कर दिया गया है एसपी कार्यालय के अठारह पुलिस कर्मियों का सैंपल जांच के लिये भेजा गया है देश में एक दिन में कोविड उन्नीस के दो लाख से अधिक मामलों की जांच करने का आज नया रिकॉर्ड बनाया गया है तीन महीने पहले यह आंकड़ा प्रतिदिन एक सौ मामलों की जांच का था हमारे संवाददाता ने बताया है कि जांच के मामलों में यह उल्लेखनीय वृद्धि अस्पतालों जांच प्रयोगशालाओं और विभिन्न संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाई है

एक ट्वीट में आईसीएमआर ने इसे देश में परीक्षण सुविधाओं में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने पहले से उपचार करा रहे रोगियों के लिए कल से ओपीडी सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है ये सेवाएं पिछले तीन महीने से बंद थीं एम्स ने कोविड उन्नीस संक्रमण पर नियंत्रण में ज़ूट जाने के बाद चौबीस मार्च से ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थी एम्स के निदेशक ने आरंभ में प्रत्येक विभाग के लिए केवल पंद्रह रोगियों के एपॉयंटमेंट को मंजूरी दी है कुछ दिनों में यह संख्या बढ़ा दी जाएगी इसके अलावा उन विभागों में सीमित संख्या में नए रोगियों के लिए भी अनुमति दी जाएगी जो ओपीडी परामर्श शुरू करना चाहते हैं हालांकि सेवाएं शुरू किए जाने के पहले चरण में शाम की ओपीडी के लिए कोई एपॉयंटमेंट नहीं दिया जाएगा भारतीय रेलवे नियमित समय सारिणी के अनुसार चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए चौदह अप्रैल या उससे पहले ब्रुक किए गए सभी रेल टिकटों के पैसों की पूर्ण वापसी करेगा रेलवे ने एक वक्तव्य में कहा है कि ऐसे सभी टिकटों को रद्द कर दिया जाएगा और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा राज्य की प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश से नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है गंगा पुनपुन घाघरा और गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के ड्मरिया घाट में खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है नदी का जलस्तर अभी स्थिर है वहीं गंगा नदी पटना के गांधी घाट और भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से चार मीटर नीचे हैं जबकि प्रनप्रन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से चार मीटर नीचे है नेपाल सरकार की अनुमति के बाद भारत नेपाल सीमा पर वाल्मिकी नगर गंडक बराज के दाहिने तटबंध का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है जल संसाधन विभाग की टीम मजदूरों को लेकर कटाव रोधी कार्य के लिये पहुंच गयी है गौरतलब है कि नेपाल की ओर से विरोध के बाद यहां काम रोकना पड़ा था इधर पूर्वी चंपारण जिले में ढाका प्रखंड क्षेत्र में बांध मरम्मत का कार्य अभी नहीं शुरू हो पाया है नेपाल के स्थानीय प्रशासन द्वारा यहां लालबकेया नदी के गुआबरी बांध के मरम्मत का कार्य रोक दिया गया था फिलहाल लगभग छह सौ मीटर लंबाई में मरम्मत का कार्य अभी रूका हुआ है जिलाधिकारी शीर्षत कपित अशोक ने बताया कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सहमति बनी है कि सर्वे टीम द्वारा मापी के बाद मरम्मत कार्य शुरू होगा मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मधुबनी जिले में जयनगर का दौरा कर बाढ़ से बचाव कार्यों का जायजा लिया श्री कुमार ने वहां इनरवा अकौना में कमला नदी पर बने पूल और बेतौना में बांध की मरम्मत कार्य का जायजा लिया उन्होंने मिथिलांचल और उत्तर बिहार के क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये कमला वीयर को बराज में परिवर्तित करने का निर्देश दिया श्री कुमार उस स्थान पर भी गये जहां नेपाल के अधिकारियों द्वारा तटबंध मरम्मत कार्य रोक दिया गया था इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दरभंगा जिले के केवटी में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का भी निरीक्षण किया श्री कुमार ने हवाई पट्टी को डेवलप करने और टर्मिनल भवन के बचे हुए कार्य को शीघ्र पूरा करने को कहा काम में तेजी लाने के लिये मुख्यमंत्री ने हवाई पट्टी से ही नागर विमानन मंत्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष से दूरभाष पर बातचीत की इस एयरपोर्ट को केन्द्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विकसित किया जा रहा है मौसम विभाग ने आज से उनतीस जून तक प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा में नमी और झारखंड में बने ट्रफ लाईन के बिहार में प्रवेश करने से भारी बारिश की स्थिति बन रही है जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज से छब्बीस जून तक किशनगंज अररिया कटिहार पूर्णियां सुपौल मधुबनी सीतामढ़ी और दरभंगा जिले के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है इधर मौसम विभाग के अलर्ट के मुद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है सबसे अधिक भागलपुर जिले के बिहपुर और समस्तीपुर शहर में चालीस मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी वहीं पूर्णिया में तीस मिलीमीटर वर्षा हुई है जबकि सीतामढ़ी मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानों पर बीस मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी विधान परिषद् की नौ सीटों के लिये हो रहे द्विवार्षिक चुनाव के लिये भाजपा ने अपने दो उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिये हैं पार्टी ने निवर्तमान विधान पार्षद संजय मयूख और राज्य के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है इधर जनता दल यूनाईटेड ने कुमुद वर्मा गुलाम गौस और भीष्म सहनी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है गुलाम गौस विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और कुमुद वर्मा पूर्व मंत्री उपेन्द्र नाथ वर्मा की बहू हैं इधर राजद के प्रत्याशी सुनील सिंह फारूख शेख और रामबलि सिंह चंद्रवंशी ने आज अपना नामांकन पत्र भर दिया है नामांकन भरने की कल अंतिम तिथि है नामांकन पत्रों की जांच परसों की जायेगी जबकि प्रत्याशी उनतीस जून तक नाम वापस ले सकते हैं मतदान की तिथि छह जुलाई निर्धारित की गयी है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग की गतिविधियां तेज हो गयी हैं आयोग ने परसों सर्वदलीय बैठक बुलायी है इसमें चुनाव तैयारियों आचार संहिता मतदान केन्द्रों के गठन और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चर्चा होने की संभावना है राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे केन्द्र सरकार ने कॉपरेटिव और मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाने का निर्णय लिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया इसके लिये सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल के बैंकिंग क्षेत्र में इस बड़े सुधार के निर्णय से आठ करोड़ साठ लाख खाताधारकों की जमा राशि सुरक्षित होगी वंदे भारत मिशन के तहत चार विमानों से आज छह सौ निन्यानवे प्रवासी गया एयरपोर्ट पर उतरे सभी को जांच के बाद क्वारेंटीन के लिये बोधगया भेज दिया गया आज यूक्रेन ओमान और संयुक्त अरब अमीरात से चार विमान यहां पहुंचे अनलॉक के पहले चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों और यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में राज्य में अब तक छियासठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्नीस हजार से अधिक वाहनों को जब्त कर लगभग पौने पांच लाख रूपये का जुर्माना वसूला गया है और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कोविड उन्नीस से मृतकों की संख्या बढ़कर पचपन हुई

गोपालगंज के ड्मरिया घाट में गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर